आज नई दिल्ली में परिषद की छत्तीसवीं बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जरों पर जीएसटी दर को अट्ठारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला भी हुआ नई दरें एक अगस्त से लागू होंगी जीएसटी परिषद ने स्थानीय उपयोग में लाई जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने को भी मंजूरी दे दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक की इस महीने की पांच तारीख को संसद में केन्द्रीय बजट पेश किए जाने के बाद यह जीएसटी परिषद की पहली बैठक थी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ आज अपना इक्यासी स्थापना दिवस मना रहा है इस अवसर पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के जवानों और उनके परिवार जनों को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए विभिन्न भागों में तैनात सीआरपीएफ की प्रतिबद्धता और समर्पण अद्भुत है और देश को उनके शौर्य और साहस पर गर्व है केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा है कि यह पहली केन्द्र सरकार है जो शहरों का कायाकल्प करने की दिशा में आगे बढ़ रही है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल में योजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर अधिक था लेकिन दूसरे कार्यकाल में योजनाओं को पूरा करने पर अधिक जोर रहेगा

स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि गीले कचरे को खाद के लिए अलग किया जाता है और उनका मंत्रालय सूखे कचरे को भी ऊर्जा में तब्दील करने के लिए तकनीक की तलाश कर रहा है जब ये स्कीम की शुरूआत हई स्वच्छ भारत की तो ना आपके पास पब्लिक कॉन्सिनियस थी अब ये जन आंदोलन बन गया है अब लोग खुद आपके पास आकर कहते है कि ये कूड़ा देखो ये गार्बेज डंप है

सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने मंत्रालय की सभी मीडिया इकाइयों के क्षेत्रीय प्रमुखों के साथ कोलकाता में बैठक के बाद यह जानकारी दी श्री खरे ने कहा कि सामुदायिक रेडियो केंद्र आपदा प्रबंधन प्रयासों में सहायक हो सकते हैं सूचना और प्रसारण सचिव ने कहा कि शिक्षा संस्थानों को सामुदायिक रेडियो केंद्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह प्रसारण आकाशवाणी दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा इसका प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा इसे आकाशवाणी की वेबसाइट डबल्यू डबल्यू डबल्यू डोट ऑल इंडिया रेडिया डोट जी ओ वीं डॉट आई एन तथा न्यूज ऑन ए आई आर डोट एन आई सी डॉट आई एन पर भी सुना जा सकता है प्रदेश के अधिकांश पूर्वी जिलों में बीते चार दिन से रूक रूक कर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी वर्षा का सिलसिला जारी है गोरखपुर महराजगंज सिद्वार्थनगर देवरिया कूशीनगर बस्ती और संतकबीरनगर सहित विभिन्न पूर्वी जिलों में आज भी हल्की से मव्यम बारिश हुई बारिश के कारण शहरी क्षेत्रों में जगह जगह जलजमाव की स्थिति बन गयी है और लोगों का जन जीवन प्रमावित हो गया है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी की है उधर वर्षाजनित हादसों में पिछले अड़तालिस घंटों के दौरान राज्य में तेरह लोगों की मौत हो गयी है हमारे लखनऊ संवाददाता ने राहत आयुक्त कार्यालय के हवाले से बताया है कि सक्से ज्यादा सात मौतें दीवार ढहने से हुयी हैं वर्षा के कारण इकहत्तर कच्चे मकानों के ढह जाने की भी खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध करायें